श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता भी वैश्वीकरण जितनी ही जरूरी है ओआरओपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को वीरता के साथ सुरक्षा प्रदान करने वाले महान सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में पांच वर्ष पूर्व एक ऐतिहासिक कदम उठाया था श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि एक रैंक एक पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी

श्री सिंह ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन व्यवस्था ने हाल ही में और पूर्व में अवकाश लेने वाले पेंशन भोगियों के बीच अंतर को समाप्त किया है उधर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के जांबाज जवानों के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक रेंक एक पेंशन के बारे में किया गया फैसला इस बात का प्रमाण है

रायसेन में मतगणना परिसर में सीसीटीवी कैमरो के माध्यम से सघन निगरानी रखी जा रही है किसी भी प्रकार का अनापेक्षित आचरण पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी गुना जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि मतगणना कक्ष में सभी प्रत्याशियों के एजेंट उपस्थित रह सकेंगे

अनूपपुर शिवपुरी और सागर के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में मतगणनाकर्मियों का प्रशिक्षण जारी है

सभी सैनिक विद्यालयों में छठी कक्षा में दाखिले के लिए अब लड़कियां भी आवेदन कर सकेंगी